प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान कल फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और नागरिकों के साथ बातचीत करेंगे फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए स्वयं की फिटनेस यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे संवाद में विराट कोहली से लेकर मिलिंद सोमन और रुजुता दिवेकर जैसी हस्तियां भाग लेंगी

इस संवाद में पोषण स्वास्थ्य और फिटनेस के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञानवर्धक चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गये इस जन आंदोलन का उद्देश्य फिट इंडिया संवाद के जरिये देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है पिछले वर्ष से फिट इंडिया अभियान की श्रुआत के बाद देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें देशभर से विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है करीब साढ़े तीन करोड़ से जयादा लोगों ने द फिट इंडिया फ्रीडम रन प्लग रन साइक्लोथॉन फिट इंडिया वीक फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कई कार्यक्रमों में भागीदारी की है जिसने इसे सच्चा जन आंदोलन बना दिया है राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या चौहत्तर हजार से अधिक हो गयी है हालांकि इनमें से करीब इक्कासी प्रतिषत लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची के रिम्स परिसर में प्लाज्मा दान करने वाले चिकित्सकों और अन्य लोगों को सम्मानित किया

आज रांची के अलग अलग कंटेन्मेंट क्षेत्रों के आस पास हाउस दू हाउस सर्वे किया गया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

कोविड महामारी के मद्देनजर संसद के मॉनसून सत्र के तय समय से आठ दिन पहले आज राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है

सेवा स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों ने आज राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से वार्ता के बाद अपने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है श्री ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि अनुबंधित सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा विस्तार दिया जाएगा रांची के मोरहाबादी मैदान आदोलन समाप्त कराने पहुंचे पेयजल स्वच्छता मंत्री ने बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों की अन्य मांगों पर जल्द ही उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार उनकी हर मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार है पोषण माह के तहत सिमडेगा जिले में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है शहरी क्षेत्र के बुधराटोली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को सुनहरे हजार दिनों के बारे में जानकारी दी गई इस अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण की रक्षा का भी संदेश दिया आंगनबाड़ी सेविका मारिया गोरेटी कुजूर ने कहा कि इस आयोजन में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण प्रसवपूर्व जांच एनीमिया से बचाव आदि के बारे जानकारी दी गई

सांसद ने रांची और आसपास के जिलों के रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नयी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का आग्रह किया